राज्यसभा में आज शोरग्ल के बीच संविधान संशोधन विधेयक प्रेश किया गया जिसके अंतर्गत सामान्य श्रेणी में आर्थिक रू से शिछड़े लोगों के लिये दस प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था है

विधेयक को लोकसभा ने कल शारित कर दिया था राज्यसभा में विधेयक प्रेश करते हये सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलौत ने कहा कि इससे देश के गरीब लोगों का उत्थान होगा और इसका उददेश्य सामान्य वर्ग के कमज़ोर लोगों का आर्थिक व शैक्षणिक सशक्तिकरण करना है जैसे ही सदन में बिल ऐश किया गया डीएमके के सदस्य कानीमोझी ने आ ति प्रकट करते हये कहा कि इसे प्रवर समिति को भेजा जाये कांग्रेस और क्छ अन्य वि क्षी सदस्य विधेयक का विरोध करते हये सदन के बीचोबीच आ गये शोरगुल के बीच संसदीय मामलों के राज्य मंत्री विजय गोयल ने कहा कि ग़हमंत्री राजनाथ सिंह दो हर दो बजे इस विधेयक र बयान देंगे उन्होंने कांग्रेस र तकनीकी कारणों से रोक्ष रू से विधेकय र रूकावट डालने का आरो लगाया इस र कांग्रेस के आंनद शर्मा ने स् ष्ट किया कि उनकी ार्टी विधेयक के क्ष में है समाचार लिखे जाने तक विधेयक र चर्चा जारी थी हरियाणा में आय्ष्मान भारत योजना के तहत बनाये जाने वाले गोल्डन रिकार्ड अब सरल सेवा केंद्रों तथा अंत्योदय सेवा केंद्रों में भी बनाये जायेंगे हरियाणा के म्ख्य सचिव श्री डीएसऐसी की अध्यक्षता में आज चंडीग में आय्ष्मान भारत योजना की गर्वनिंग बॉडी की चौथी बैठक ये फैसला लिया गया बैठक में ग्रामीण क्षेत्रों में आय्ष्मान भारत योजना के जाग़त एवं शिक्षित करने सम्बधी गतिविधियों में सक्षम य्वाओं को शामिल किये जाने की योजना चौधाल शर चर्चा जीवन के रंग आयूष्मान के संग का भी अन्मोदन किया गया

आज प्लिस ने डेरा सौदा के म्ख्यालय तक फैलग मार्च किया और ये फलैग मार्च डेरे में वा स सभी नाकों को चेक करते हये ्लिस लाइन र सं न्न हआ

राज्य मंत्री ने कहा कि इस स्विधा को प्रदेश के सभी जिलों में लागू किया जाएगा

टोहाना से विधायक एवं भारतीय जनता शार्टी के प्रदेशाध्यक्ष श्री स्भाष बराला ने कहा हे कि किसानों को ींश्न देने के म्द्दे ीर गठित समिति शीघ्र ही अधनी रिधोर्ट बनाकर म्ख्यमंत्री को सौंपेगी श्री बराला ने ये जानकारी आज चंडीगढ़ में इस मुद्दे र गठित कमेटी की दूसरी बैठक की अध्यक्षता करते ह्ये दी कमेटी जल्द ही अ नी रि ोर्ट सरकार को सौंटेगी ताकि आगे की प्रक्रिया शुरू हो सके

बैठक मे बताया गया जिला उ ाय्क्तों से कहा कि वे अ ने जिले के किसानों का वर्तमान डाटा और शेष विरासत इंतकाम को जल्द प्रा कराके डाटा दस दिनों में भैजे ताकि कमेटी प्राप्त आंकड़ों र आगे की कार्रवाई कर सके जींद में होने जा रहे विधानसभा उ च्नाव के लिये भारतीय जनता ार्टी ने कृष्ण मिड्डा को अ ना उम्मीदवार घोषित किया है वे दिवंगत इनैलो विधायक हरिचन्द्र मिड़डा के बेटे है जन नायक जनता शार्टी दवारा अभी उम्मीदवार की घोषणा नहीं की गई है हमारे संवाददाता ने बताया कि नव गठित ार्टी दिग्विजय चौटाला को अ ना उम्मीदवार बना सकती है संवाददाता के अन्सार हरियाणा कांग्रेस की आज दिन में हई बैठक मे किसी एक उम्मीदवार र सहमति नहीं बन ाई शाम को हो रही ार्टी की इसकी बैठक मे उम्मीदवार के नाम को अंतिम रू दिये जाने की संभावना है

च्नाव आयोग ने सोमवार को उ च्नाव कराने की घोषणा की थी

हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजीव रंजन ने वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों व उप्राय्क्तों से उनके जिलों की मतदाता सूचियों व सम्बधित कार्यो की समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देशदिये

जिलों के च्नाव नियंत्रण कक्ष में यह नंबर श्रू कराने के बीएसएनएल को निर्देश दिये गये है

हरियाणा में आगामी लोकसभा च्नावों के दौरान ईवीएम की विश्वसनीयता बनायो रखने के लिये हली बार वोटर वेरिफियेबल र ऑडिट ट्रेल यानि वी पी ऐट का इस्तेमाल किया जायेंगा हरियाणा सिविल सचिवालय में आज वी वी पेट के इस्तेमाल को लेकर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किया गया जिसमें विभिन्न विभागों के प्रधान सचिवों सहित सभी अधिकारियों ने भाग लिया

उन्होंने कहा िक किसी तरह का विवाद होने पर ईवीएम मशीनों में दिखाये जा रहे रिणाम की ष्टि इन रचियों को गिनकर की जा सकती है आल इंडिया ट्रेडयूनियन व कर्मचारी संघों की हड़ताल का आज दूसरे दिन भी बहुत कम असर देखने को मिला ांचकूला से हमारी संवाददाता के अन्सार कई जगह बस सेवा प्रभावित रही जबकि यम्नानगर में विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने प्रदर्शन किया और बिजली व श्रानी की आप्र्ति बिना बाधा रही यम्नानगर में रोडवेज सेवा भी सामान्य रही

भिवानी के नगराधीश वेद प्रकाश ने विभिन्न विभागों से कहा है कि वे सीएम विंडो र लंम्बित शिकायतों का अतिशीघ्र नि टारा करें सीएम विंडो ोर्टल र आई शिकायतों के नि टारे में देरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जायेगी उन्होंने कहा कि नोडल अधिकारी हर दिन सीएम विंडोको चेक करे शिकायतों को लंम्बित न रखें

राज्यसभा में इसके मद्देनज़र उत्तर श्चिमी राज्यो में स्रक्षा व्यवस्था र ध्यान देते हये उन्होंने विश्वास दिलया कि देश के लोगों के हितों और सांस्कृतिक शहचान की रक्षा की जायेगी उन्होंने कहा कि उत्तर श्चिम में स्थिति शांत है उन्होंने कहा कि विधेयक र लोगों को ग्मराह किया जा रहा है